्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से हाथ से बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने को कहा

राजस्थान पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उसकी किसी भी युनिट द्वारा किसी भी विधायक या सांसद की टैपिंग न तो पहले की गई और न ही वर्तमान में की जा रही है राजस्थान पुलिस ने इन्टरकॉम से हुई बातचीत को रिकार्ड करने के आरोप को भी झूठा और काल्पनिक बताया है गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें जैसलमेर के होटल में ठहरे कुछ विधायकों के फोन गैर कानूनी रूप से टैप किये जाने की बात कही जा रही है पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर फैलायी जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है

शहर में सभी प्रतिष्ठान कार्यालय कल और रविवार को बंद रहेंगे

इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के एक सौ अस्पतालों से रोगियों उनके लक्षणों और उपचार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है यह रजिस्टर एक वर्ष तक चलेगा और इसमें जांच प्रयोगशालाओं द्वारा सत्यापित तथा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकडे ही शामिल होंगे

इसी क्रम में एक कार्यक्रम में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के सीनियर कंस्लटेंट डॉक्टर अमरचंद बजाज ने नोवल कोरोना वायरस से बचाव में स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया

उन्होंने बताया कि इन पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है वहीं झुन्झुनू में सेना भर्ती रैली के कल से ऑनलाइन आर्वदन किये जा सकेंगे

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान किया अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें

कपड़ा मंत्री ने आज छठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल एप की भी शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह ब्नकरों के साथ डिजीटल सम्पर्क भी स्थापित करे इस अवसर पर कपड़ा मंत्री ने हिमाचलप्रदेश में देश के पहले हथकरघा ग्राम शरण की भी शुरूआत की उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसे दस हथकरघा ग्राम विकसित किये जाएंगे जिनसे स्थानीय बुनकरों को बहुत मदद मिलेगी

इस अनुठे फिल्म समारोह का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है

उन्होंने कहा कि श्रव्य ओर दृष्टि बाधित भी इसका आनंद ले सकते हैं

जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने राजभवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई श्री सिन्हा ने पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चन्द्र मुर्मू की जगह ली है जिन्होंने बुधवार रात इस्तीफा दे दिया था श्री मुर्मू को नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है

प्रोफेसर जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे वे इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष रहे हैं

यह केन्द्र स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े लोगों के अनुभवों को साझा करने का एक मंच होगा

बाद में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक निर्माण विभाग की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद भूपेन्द्र यादव ने झुन्झुनू जिले की बुहाना पंचायत समिति की खांदवा ग्राम पंचायत का चयन किया है सूरजगढ़ विधायक सुभाष प्रनिया ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि श्री यादव ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है

इसके अलावा बांसवाड़ा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिलों में कई जगह अच्छी बरसात हुई है मौसम विभाग ने आज बाड़मेर बीकानेर चुरु जैसलमेर जालौर जोधपुर नागौर पाली श्रीगंगानगर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाए चलने की सम्भावना व्यक्त की है वहीं दक्षिण पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप प्रशंसा पत्र पुरस्कार राशि के चेक और और स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये